कहा मानवता के लिए विश्व को आतंक के खिलाफ एकज्ट होना चाहिए

सिरोही जिले के माउंटआबू में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु आज वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर बंटा हुआ विश्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मुख्य उद्देश्य को नुकसान पहंचाता है क्योंकि इसकी स्थापना ही हर तरह के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हुई थी उन्होंने कहा कि शांति और सदभाव समय की जरूरत है

विश्व के मामलों में नयी दिशा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मांग करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहु पक्षवाद और सामूहिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि जन भागीदारी से जन कल्याण के भारत के नारे को अब जन कल्याण से जग कल्याण का रूप दिया गया है

प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों और वित्तीय सलाहकारों से चर्चा के बाद कल संवाददाता सम्मेलन में श्रीमती सीतारमन ने कहा कि बैठक का उद्देश्य सभी सेवा प्रदाताओं के बकायों का भुगतान सुनिश्चित करना है

ये मेडिकल कॉलेज अलवर बारां बांसवाडा चित्तौडगढ जैसलमेर करौली नागौर श्रीगंगानगर सिरोही और बूंदी में खोले जायेंगे

यह योजना ग्रामीण स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त गांवों में स्वच्छता के नये आयाम पेश करेगी कल नई दिल्ली में इस योजना की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को काफी सफलता मिली है

इस स्वीकृति से किसानों की कृषि कार्य की जरूरत समय पर पूरी हो पायेगी

ऐसी समितियों को दो महीने में अपना रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं

न्यायालय ने तीन सप्ताह में इस संबंध में किए गए प्रयासों के बारे में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किये

इस संबंध में आरती गौतम ने पिछले वर्ष सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों में सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र खारिज किये जाने को चुनौती दी थी न्यायालय ने अगली सुनवाई एक नवंबर तय की है

उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार सुनीता सिंघल को पांच मतों से हराया

जिला कलेक्टर ने बताया कि अतिवृष्टि और बाढ से प्रभावित लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिये ये सहायता राशि स्वीकृत की गई

जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि जिले में करीब एक हजार यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है